स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है

डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने वैज्ञानिकों से इस महामारी की रोकथाम के उपाय तलाशने में तेजी लाने की अपील की उन्होंने कहा कि छह वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है जिनमें से चार का परीक्षण अंतिम चरण में है

वे मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे जहां आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली

इरफान खान को श्रेष्ठ अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया

टीम के अधिकारियों ने जिले में आपात स्थिति में चिकित्सा के प्रबन्धों के बारे में जानकारी ली केन्द्रीय टीम ने जिला अधिकारियों की बैठक भी ली टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं आईसोलेशन वार्ड सैम्पल कलेक्शन पद्धति और रेफरल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं को और सुदृढ करने के निर्देश दिए

उन्होंने सभी बच्चों को मुख्यमंत्री से सकुशल वापस लाने का अनुरोध किया

पश्पालन विभाग के संयुक्त निदेशक गंगाधर शर्मा ने बताया कि इसके लिए सरहदी इलाकों में शिविर आयोजित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है